आज लखनऊ में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से डीजल तथा पेट्रोल के दामों में ढाई रूपये प्रति लीटर की दर से कमी करने की घोषणा करती है जिससे पेट्रोल तथा डीजल के बढ़े हुए मूल्य से जनता को राहत मिल सके श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से सरकार के राजस्व में प्रति वर्ष चार हजार करोड़ रूपये की कमी आयेगी लेकिन प्रदेश सरकार जनहित को देखते हुए इसकी भरपाई अन्य साधनों से करेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है

नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल शाम संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है बाइट हमारी सरकार का एक निर्णय है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और जो एमएसपी हमने फिक्स किया है

तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में भारत के किसानों के सशक्तिकरण और आय के अतिरिक्त आमदनी के प्रावधान का हमारा संकल्प है मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को भी मंजूरी दे दी है इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर आध्निकीकरण और विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान था किसान है और रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों में बढ़ती अराजकता पर चिंता जाहिर की है उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के जिम्मेदार युवा अपनी संस्कृति परम्परा और गौरवमय इतिहास से अपरिचित है और दिग्भ्रमित हो चुके हैं श्री योगी आज गोरखपूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रान्त द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावियों को सम्मानित करने के बाद युवाओं को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने पिछले सत्तर वर्षो से अपने रचनात्मक प्रयासों से यूवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने और छात्रों को सामाजिक समरसता की सीख देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रशंसा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन दो हजार उन्नीस को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठित होकर केन्द्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने का आहवान किया साथ ही भाजपा के अपना ब्रथ सबसे मजबूत फार्मूले को सार्थक बनाने की भी कार्यकर्ताओं से अपील की मुख्यमंत्री गोरखपुर क्लब में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल गोरखपुर मंडल की पांच लोकसभा सीटों की भाजपा संचालन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे मतदाता पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से लेने की नसीहत देते हुए श्री योगी ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रदेश के बावन लाख ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो मतदाता होने की योग्यता तो रखते हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ऐसे में इन लोगों को चिन्हित कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है मख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की भी सलाह दी

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन की जरूरत नहीं है

राम मंदिर मुद्दे पर श्री मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और उन्तीस अक्टूबर से इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू होने जा रही है मंदिर निर्माण कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा चौथा भारत अतंर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव राजधानी लखनऊ में कल से शुरू हो रहा है चार दिवसीय इस विज्ञान मेले में दा हजार से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के साथ देश और विदेश के जाने माने वैज्ञानिक शामिल होंगे

अतंर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले का मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा

इसमें लगभग एक हजार से अधिक वैज्ञानिक संगठन भाग लेंगे प्रदर्शनी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बायो टेक्नोलॉजी आयुष मंत्रालय स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन सहित वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और तेलंगाना म पोलियो की खुराक में टाइप टू वायरस के लक्षण पाये जाने के बाद वहां निगरानी बढ़ा दी गई है हालांकि मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि देश पोलियो से मुक्त है इन इलाकों में पोलियो वैक्सीन के फैलाव पर लगातार चाकसी बरती जा रही है और मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं